मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों की दर अट्ठानबे प्रतिशत से अधिक होने पर संतोष व्यक्त किया कहा बचाव और उपचार की सभी व्यवस्थाओं को बनाए रखा जाय चुस्त दुरुस्त प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पन्द्रह फरवरी से नियमित कक्षाएं शुरू करने के निर्देश राज्य में अट्ठारह फरवरी को कागज रहित बजट प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण श्रू

लखनऊ से कल प्रदेश के ग्यारह जिलों की एक हजार एक ग्राम पंचायतों के एक लाख सत्तावन हजार दो सौ चवालीस लोगों को उनके आवासीय अमिलेख यानी घरौनी का ऑनलाइन वितरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को मकान के पक्के अमिलेख मिल जाने के बाद कोई दबंग उनकी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा उन्होंने कहा कि यह योजना पिछले साल अप्रैल में शुरू की गयी थी और इसकी प्रगति उल्लेखनीय है अब तक राज्य में बयासी हजार नौ सौ तेरह गांवों को इस योजना के लिए अधिसूचित किया जा चुका है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी की मदद से कई समस्याएं हल की जा सकती हैं उन्होंने कहा कि पहले लेखपालों द्वारा नपाई में गड़बड़ी की शिकायतें आती थीं लेकिन अब ड्रोन से सर्वेक्षण कर भूमि की नपाई का कार्य किया जा रहा है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन डिजिटल खसरे का भी शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि खसरा ऑनलाइन उपलब्ध होने से पारदर्शिता बढ़ेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने वालों की दर अट्ठानबे प्रतिशत से अधिक होने पर संतोष व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि बचाव और उपचार की सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखा जाए लखनऊ में कल एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हर स्तर पर पूरी सावधानी बरतना जरूरी है क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य पूरी सक्रियता से संचालित करने के भी निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि राज्य में अब बीएसएल फोर लैब स्थापित किए जाएं उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कोविड नमूनों की जांच के लिए प्रदेश में बीएसएल श्री स्तर की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई अब इससे आगे बढ़ते हुए बीएसएल फोर प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए उन्होंने अधिकारियों को इस सम्बन्ध में कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए लखनऊ में कल अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखण्ड आपदा के पीड़ित परिवारों को हरसम्भव राहत उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हरसम्भव सहायता और राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश के किसानों और कामगारों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है राज्यसभा में कल बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने बजट को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया वित्त मंत्री ने कहा कि बजट के माध्यम से सरकार उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें कोरोना महामारी के कारण सहायता की तत्काल आवश्यकता है आगामी वित्त वर्ष के लिए किये जा रहे प्रावधानों से सरकार को सतत विकास ढांचा तैया करने में मदद मिलेगी वित्तमंत्री ने कहा कि इस बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ ही विकास के दीर्घावधि ढांचे को तैयार करने के उपाय शामिल हैं सरकार की बड़ी योजनाओं की चर्चा करते हए उन्होंने कहा कि इनसे कोरोना महामारी के दौरान लोगों को मदद मिली महामारी के दौरान लगभग अस्सी करोड लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत आठ करोड लाभार्थी महिलाओं को मृफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराये गए उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के कठिन समय में देश के सबसे गरीब लोगों तक सहायता पहंचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत दो लाख छिहत्तर हजार करोड रुपये की राशि जारी की सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि देश में कोई भी आकाशवाणी केंद्र बंद नहीं होगा और न ही इसके स्तर को कम किया जाएगा कल लोकसभा में श्री जावड़ेकर ने कहा कि कोविड ने समी क्षेत्रों को प्रभावित किया है आकाशवाणी और एफएम रेडियो पर भी इसका निश्चित रूप से असर पड़ा है उन्होंने भरोसा दिलाया कि महामारी के दौरान आकाशवाणी के जिन रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोताओं को काम पर आने की अनुमति नहीं थी उन्हें जल्द ही वापस बुलाया जाएगा प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में नियमित कक्षाएं पन्द्रह फरवरी से शुरू की जायेंगी सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि शिक्षण के दौरान कॉलेजों में कोविड नाइन्टीन से सम्बंधित सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा इससे पूर्व कन्टेंनमेंट जोन से बाहर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में तेईस नवम्बर से विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ शिक्षण कार्य चल रहा है विश्वविद्यालय प्रबंधन को कक्षाओं का नियमित रूप से सैनिटाइजेशन करना होगा साथ ही विद्यार्थियों को मास्क पहनना और दो गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखना भी अनिवार्य होगा राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपने एकात्म मानववाद और अंत्योदय के विचारों से देश को एक प्रगतिशील विचारधारा दी उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल ने देश की आर्थिक समस्याओं पर गहन चिन्तन किया था इसीलिए उनका मानवतावादी दर्शन समी के लिए कल्याणकारी था राज्यपाल कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी को लखनऊ से वर्चअल माध्यम से संबोधित कर रही थीं प्रदेश सरकार आगामी अट्ठारह फरवरी से शुरू हो रहे विधानमण्डल सत्र में कागज रहित बजट प्रस्तुत करने के लिए तैयार है इस सम्बंध में विधानमण्डल सदस्यों को आई पैड पर तकनीकी जानकारी देने के लिए कल से तीन दिवसीय प्रशिक्षण श्रू किया गया है एक रिपोर्ट संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सदन की पेपर लेस कार्यवाही चलाने और सदस्यों को आइपैड पर सुगमता से कार्य करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार प्रदेश विधानसभा में केंद्र की तरह इस बार पेपर लेस बजट प्रस्तुत किया जाएगा मुख्यमंत्री ने पहले ही सभी मंत्रयों को टैबलेट उपलब्ध करा दिए हैं और अब दोनों सदनों के समी सदस्यों को टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ उत्तराखंड में सुरंग में फंसे पच्चीस से पैंतीस लोगों को निकालने का अभियान कल चौथे दिन भी जारी है अब तक सैंतीस शव निकाले जा चुके हैं एक सौ सड़सठ लोग अब भी लापता हैं धौलीगंगा नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण बचाव कार्य को समय समय पर रोकना पड़ रहा है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर भारत के कुछ अन्य हिस्सों में कल रात भूकम्प के झटके महसूस किए गये इसका केन्द्र ताजिकिस्तान में बताया जा रहा है रेक्टर स्केल पर भूकम्प की तीव्रता छः दशमलव तीन आंकी गयी